मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि परीक्षार्थी चाहे तो उसके एक सहयोगी को भी परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी विद्यार्थियों को यह सुविधा प्राप्त करने के लिए विकासखंड और जिला मुख्यालय में उपस्थित होना होगा

फसल बीमा फसल बीमा कराने की आज अंतिम तिथि है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के सभी किसानों से अपनी फसल का बीमा कराने की अपील की है श्री चौहान ने कहा है कि बैंक से कर्ज नहीं लेने वाले किसान भी अपनी फसलों का बीमा कराएं जिससे उनके नुकसान की भरपाई की जा सके श्री चौहान ने कहा कि पहले वर्षा नहीं होने और फिर अतिवर्षा के कारण कुछ जिलों में सोयाबीन की फसल बुरी तरह से प्रभावित हुई है तना छेदक कीड़े से कई जगह सोयाबीन सूख गया है उन्होंने कहा कि मुआवजा राहत और फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को मिले इसका पूरा इंतजाम किया जाएगा

वहीं इंदौर में जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमित मरीजों का निजी लैब में जांच का अधिकतम शुल्क निर्धारित कर दिया है

पोषण माह पोषण अभियान के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर की बेहतरी के उद्देश्य से इस वर्ष भी सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जायेगा

इसका मुख्य उद्देश्य जन आंदोलन और जनभागीदारी से कृपोषण को मिटाना है प्रधानमंत्री ने कल मन की बात में भी लोगों से पोषण माह के दौरान जागरुकता फैलाने की बात कही थी

पहला अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित और उनकी मॉनिटरिंग करना तथा दूसरा किचन गार्डन को बढ़ावा देने के लिए पौधारोपण अभियान है प्रदेश स्तर पर इस वर्ष पोषण माह के दौरान में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा

जुर्माना नहीं देने पर उनकी वकालत पर तीन साल की रोक और तीन माह की सजा का आदेश लागू होगा

वे वेंटीलेटर पर हैं

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने श्री सलीम के निधन पर दुख व्यक्त किया है